त् उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर विचार करने को कहा इससे लॉकडाउन में प्रवासी कामगारों और गरीबों को रियायती दर पर उपलब्ध हो सकेगा अनाज

रांची के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से आज एक और संदिग्ध में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है नए मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टेक्ट डिटेल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है वहीं हिंदपीढी में लॉकडाउन के पालन के लिए सीआरपीएफ तैनाती की गई ळे अभी सीआरपीएफ के जवान हिंदपीढ़ी में फ्लैग मार्च कर रहे हैं

रांची जिला के अन्य प्रखण्डों में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि रांची जिला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है

रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में केन्द्रीय रिजर्व पूलिस बल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई इस दौरान हिंदपीढी के कमांड एंड कंट्रोल रूम के संचालन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई बैठक के दौरान सीआरपीएफ को जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया हिंदपीढ़ी कंटेन्मेंट जोन की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दी गई है इस जोन में तीन शिफ्ट में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा जिससे कि पूरी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का अनुपालन सनिश्चित किया जा सके

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए कहा कि अन्य तीन जिलों में कम मामले हैं और एक सौ उनतीस जिले हॉटस्पॉट हैं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

कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से जिले के अलग अलग इलाकों में रह रहे थर्ड जेंडर के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया इस मौके पर उपायुक्त रमेष घोलप ने कहा कि हर जरूरतमंद तक सरकार के निर्देशों के अनुसार राहत पहंचाई जा रही है इस दौरान किन्नरों ने जिला प्रशासन से खाना बनाने के लिए गैस भी उपलब्ध कराने की मांग की साथ ही जिला प्रषासन द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने पर आभार जताया

जिले के सतबरवा प्रखंड के तुम्बागढ़ा स्थित नवजीवन अस्पताल में बनाये गये कोविड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है

उन्होंने दस दिनों के अंदर मरीजों के ठीक होने की उम्मीद जतायी है

आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देकर अपने परीक्षण केन्द्रों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके केन्द्र सरकार की यह योजना इस वर्ष जून में शुरू होनी थी न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना एस के कौल और बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को जारी आदेश में कहा था कि केन्द्र सरकार विचार करे कि वर्तमान स्थिति में यह योजना लागू करना व्यावहारिक है या नहीं उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनके उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल करने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया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

हजारीबाग जिले में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने और जिला प्रशासन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला समाहरणालय परिसर को सेनिटाइजेशन कराया जा रहा है गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के खरौंधा गांव में आज वजपात से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दो बच्चे झलस गए